उन्होंने कहा कि पीड़िता की मृत्यु से उन्हें गहरा आघात लगा है इस पूरे प्रकरण को बेहद द्भाग्यपूर्ण करार देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले को फास्ट ट्रैक अदालत में ले जाएगी और दोषियों के लिए कड़ी सजा सुनिश्चित करेगी मुख्यमंत्री ने मंत्री कमला रानी वरूण और स्वामी प्रसाद मौर्य को आज उन्नाव में पीड़िता के गांव पहंचकर उसके परिवार के सदस्यों से मुलाकात करने का निर्देश दिया इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज उन्नाव जाकर पीड़िता के परिवार वालों से मिली उनके साथ पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी थे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में पीड़िता की आत्मा की शांति के लिये दो मिनट का मौन रखा और विधानसभा के सामने धरने पर बैठे उनके साथ सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम और पूर्व मंत्री राजेन्द्र चौधरी भी थे बहजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने पीड़िता की मौत पर द्ख व्यक्त करते हुए राज्य सरकार से पीड़ित परिवार को जल्द न्याय दिलाने की मांग की उन्होंने उच्चतम न्यायालय से महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिये केंद्र सरकार को सख्त कानून बनाने के लिये निर्देशित करने का आग्रह किया उधर पीड़िता का शव आज दिल्ली से उन्नाव लाया जा रहा है दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पीड़िता की कल देर रात उपचार के दौरान मौत हो गई थी पीड़िता को बृहस्पतिवार की सुबह उन्नाव जिले के बिहार क्षेत्र में जमानत पर जेल से बाहर आए आरोपियों ने मिट्टी का तेल छिड़ककर जलाकर मारने का प्रयास किया था पीड़िता को इलाज के लिए लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसी रात एयर एम्व्लेंस से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज पृणे में राज्यों केन्द्रीय जांच और खुफिया ब्यूरो केन्दीय सशस्त्र पुलिस बल के शीर्ष अधिकारियों के साथ आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा की इससे पहले कल रात प्रधानमंत्री पूर्लिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पुणे पहुंचे थे हमारे संवाददाता ने बताया है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मुख्यमंत्री उद्दव ठाकरे और पूर्व मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री का हवाई अड्डे पर स्वागत किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य देश के लोगों खासकर दूरदराज के लोगों को उपलब्ध होने चाहिए वह आज जोधपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे राष्ट्रपति ने कहा कि कम कीमत पर रोगों की पहचान किए जाने उनके इलाज और पुनर्वास सेवाओं को विकसित करने की जरूरत है उन्होंने कहा कि देश के निर्धन से निर्धनतम लोगों को स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए एम्स जैसे संस्थान बनाए जा रहे हैं श्री कोविंद ने कहा कि सरकार आयुष सेवाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहचाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को पाकिस्तान सरकार ने अपनी कार्यनीति का हिस्सा बना लिया है आज देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के पासिंग आउट परेड में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने चार युद्व लड़े हैं और चारों में उसे मुंह की खानी पड़ी है हमारी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ एक मल्टी फरोम स्ट्रेजी अपनाई हुई है जिसके पॉजिटीव रिजल्ट भी अब समाने आ रहे है इसके बावजूद आतंकवाद के खतरे के प्रति हमेशा सजग रहने की जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान में टेरीरिज्म स्टेट पॉलिसी होने के साथ साथ वहीं मौजूद नॉन स्टेट एक्टर्स भी इतने ताकतवर हो रखे हैं कि पाकिस्तानी रंगमंच पर स्टेट एक्टर्स की भूमिका कठपुतलियों से अधिक कुछ नहीं देहरादून में आज पासिंग आउट परेड के साथ ही तीन सौ छह कैडेट भारतीय सेना का हिस्सा बन गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चौदह दिसम्बर को प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का आज जायजा लिया श्री योगी ने सुबह जनपद के अधिकारियों के साथ बैठक कर नमामि गंगे समेत विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की इसके बाद मुख्यमंत्री गंगा किनारे अटल घाट पहुंचे और गंगा में गिरने वाले नाले का भी निरीक्षण किया प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज प्रतापगढ़ में बाराही देवी महोत्सव का शुभारंभ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बाराही देवी को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए प्रदेश सरकार यहां आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएगी श्री मौर्य ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आज प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीवों को पक्का मकान दिया जा रहा है आयुष्मान भारत योजना के द्वारा जरूरतमंद लोगों की अस्पतालों में निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की गई है कार्यक्रम में विधायक धीरज ओझा विधायक आर के वर्मा विधायक राजकुमार पाल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे